लाहौल स्पिति किन्नौर चम्बा शिमला और कल्ल जिलों में पिछले दो तीन दिनों से हिमपात जारी है भारी बर्फबारी से लाहौल स्पिति और किन्नौर जिले में सड़क यातायात पूरी तरह बंद हो गया है और पानी आपूर्ति सहित संचार व्यवस्था भी चरमरा गई है

जिले में राश्टीय उच्च मार्ग पर भी यातायात बाधित है और आज दोपहर पृह के निकट टिंकू नाला में सड़क पर भारी हिमखंड गिरा हालांकि इसमें किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर भी हिमपात हो रहा है और कुल्लू मनाली मार्ग पर यातायात अवरूद्व हो गया है चम्बा जिले के जनजातीय इलाको पांगी और भरमौर में भी भारी बर्फबारी हुई और पांगी घाटी का दूनिया के अन्य भागों से सम्पर्क कट गया है पर्यटन नगरी डल्हौजी में भी आधा फट से अधिक बर्फ पडी है इंधर राजधानी शिमला में इस मौसम का पहला भारी हिमपात हुआ है और भाहर में एक फूट से अधिक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई जाख् चोटी पर करीब डेढ़ फुट और कुफरी नारकण्डा व खड़ापत्थर में दो फूट तक हिमपात हो चका है मारी हिमपात से जिले के उपरी भागों का राजधानी से सम्पर्क कट गया है शिमला के निकट तारादेवी और भाोघी में भी इस मौसम का पहला हिमपात हुआ शिमला भाहर में यातायात के लिए अवरूद्व हुई सभी सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है सोलन जिला मुख्यालय में भी आज इस मौसम का पहला हिमपात हआ चायल कसौली और बड़ोग की चोटियों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है

राज्य के मैदानी इलाकों में व्यापक रूप से भारी वर्शा हई जिससे सुखे का दौर समाप्त हुआ है किसानों ने राहत की सांस ली है यह वर्शा और बर्फबारी रबी की फसलों के लिए बेहतद फायदेमंद बताई गई है

जनजातीय क्षेत्रों के अधिकांधा भागों में न्यूनतम तापमान भान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने सभी ज़िला उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को प्रदेश में हिमपात के कारण बाधित सभी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख सड़कों खासतौर पर अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं वाले मार्गों से बर्फ हटाकर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने को कहा है मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति बाधित वाले इलाकों में सप्लाई जल्द सुचारू बनाने को कहा है जयराम ठाकर ने जरूरी सुविधाओं की शीघ बहाली के लिए सभी विभागों को विभिन्न स्तरों पर एक दसरे के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बर्फबारी के दौरान लोगों को सचेत रहने और सरकार व प्रशासन से सहयोग की अपील की है विघायक बैठकें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों के मुद्दों व सुझावों को प्राथमिकता देने के अधिकरियों को निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तय समय पर तैयार की जानी चाहिए और ऐसा न ैकरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकर ने वन स्वीकृतियों के मामले प्राथमिकता के आधार पर लेने और सडकों के नियमित रखरखाव के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी व जवाब देय प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाशत नहीं किया जाएगा बैठक में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विकास योजनाओं का उल्लेख किया इस दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र और वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकर के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आम लोगों से हिमकेयर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है नाहन से जारी एक प्रैस व्यान में उन्होंने कहा है कि योजना के तहत एक जनवरी से दोबारा पंजीकरण शुरू हो गया है और इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने पर रोगी को कैशलेस सुविधा दी जाती है